यह आरक्षण सरकारी नौकरियों में श्रेणी एक दो तीन और चार में दिया जाएगा ये निर्णय मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र की अध्यक्षता में आज शिमला में हई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया मंत्रिमंडल ने यौन उत्पीड़न और इसी तरह के अन्य मामलों में पीड़ित महिलाओं के लिए मुआवजा योजना लागू करने को भी मंजूरी दे दी है इस योजना के अंतर्गत पीड़ित महिलाओं को पीड़ित महिला मुआवजा कोष के तहत राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण या जिला विधिक प्राधिकरण द्वारा तय मुआवजे के अनुसार राहत राशि दी जाएगी

मंत्रिमंडल ने मंडी जिला के चौंतड़ा में आईपीएच विभाग का नया मंडल व उपमंडल पदों सहित सुजित करने और कल्लू के शाट में भी आई पीएच विभाग का ही एक नया सबडिविजन और एक प्रभाग सृजित करने को भी मंजूरी दी मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि उनकी सरकार राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है इसी के चलते राज्य के इतिहास में पहली बार वैश्विक निवेशक मीट का आयोजन किया जा रहा है मुख्यमंत्री आज शिमला में वैश्विक निवेशक मीट की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे

मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि प्रदेश सरकार ने औद्योगिक आबंटन के लिए भूमि बैंक स्थापित किया है और इसके बारे में सभी प्रकार की जानकारी राजस्व विभाग की वैबसाईट पर उपलब्ध है इस कदम से उद्यमियों को उनकी इच्छा अनुसार भूमि की उपलब्धता के बारे जानकारी एक क्लिक पर उपलब्ध होगी शांता कुमार पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा सांसद शांता कुमार ने कहा है कि ट्टेफूटे दल कभी भी भाजपा का विकल्प नहीं हो सकते मंडी में आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए शांता कुमार ने कहा कि देश में विपक्ष महागठबंधन के नाम पर एक होने का प्रयास कर रहा है लेकिन वह कभी भी भाजपा का मुकाबला नहीं कर पाएगा उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार अच्छा काम कर रही है और भाजपा फिर से केन्द्र में सत्ता पर काबिज होगी शांता कुमार ने प्रदेश कांग्रेस में चल रही गुटबाजी पर पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को सलाह दी कि वह अपनी पार्टी को संगठित रखे ताकि प्रदेश को एक अच्छा विपक्ष मिल सके

शांता कुमार ने लोकसभा चुनाव लड़ने से इन्कार किया हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अगर पार्टी उन्हें ही चुनाव लड़ने का आदेश देगी तो वह इससे इन्कार नहीं करेंगे सुर्यकांत प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि गरीब वर्गो के लोगों को त्वरित न्याय प्रदान के लिए बार और बैंच में आपसी तालमेल होना जरूरी है

उन्होंने कहा कि न्यायिक अधिकारियों बार सदस्यों और लोगों के बीच बेहतर न्यायिक प्रणाली के लिए अदालतों में बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने के लगातार प्रयास किए जा रहे है ताकि लोगों को बेहतर न्याय प्रदान किया जा सके उन्होंने कहा कि प्रदेश उच्च न्यायालय जिला और उपमंडल स्तर पर प्राथमिकता के आधार पर आधारभूत ढांचा विकसित कर रहा है इसके लिए प्रदेश सरकार का भी सहयोग मिल रहा है न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने प्रदेश की न्यायिक प्रणाली को और उंचाईयों पर ले जाने के लिए सभी को कड़ी मेहनत करने पर भी जोर दिया धुमल पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार ध्रमल ने कहा है कि खेल जगत में ग्रामीण प्रतिमाओं को बढ़िया प्लेटफार्म उपलब्ध करवाकर उन्हें निखारने तथा युवाओं को नशे से दूर रखने में खेल महाकुंभ महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है ध्रमल आज हमीरपुर के बड़ू खेल मैदान में युवाओं को संबोधित कर रहे थे ध्रमल ने कहा कि खेल महाकुंभ में ग्रामीण क्षेत्रों के वह बच्चे भी इसका हिस्सा बने जिनको अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने के लिए उचित मंच नहीं मिल पाता था

ये टैक्सी परमिट जारी करने का फैसला राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक में लिया गया परिवहन विभाग के निदेशक जेएमपठानिया ने बताया कि सरकार के इस फैसले से प्रदेश के एक हजार से अधिक बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे

इनमें से पांच को गंभीर चोटे आई हैं जिनका हमीरपुर मैडिकल कॉलेज में उपचार चल रहा है

जानकारी के अनुसार दुर्घटना के समय ये बस बच्चों को स्कूल लेकर जा रही थी और सलासी के पास एक मोड़ पर अचानक पलट गई दुर्घटना का कारण बस का स्टेयरिंग लॉक होना बताया जा रहा है दुर्घटना की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंच गए तथा घायल बच्चों को अस्पताल पहुंचाया इस तरह बड़ी संख्या में बच्चों के अभिभावक भी उनका कुशलक्षेम जानने के लिए अस्पताल पहुंचे डीसी हमीरपुर रिचा वर्मा ने कहा कि दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है अन्राग लोकसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक और हमीरपुर से भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर को संसद में बेहतरीन काम काज के लिए सांसद रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है उन्हें चेन्नई में एक समारोह में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया सांसद रत्न अवार्ड से सम्मानित होने वाले अनुराग ठाकुर पहले उत्तर भारतीय सांसद हैं अनुराग ठाकुर ने इस पुरस्कार को प्रदेश की जनता को समर्पित किया उन्होंने ये भी कहा कि पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा आरंभ किए गए इस पुरस्कार से सम्मानित होना उनके लिए गर्व की बात है अनुराग ठाकुर ने ये भी कहा कि सांसद रत्न अवार्ड उन्हें अब्दुल कलाम के पदचिन्हों पर चलकर उन्हे राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित करेगा कपूर भाजपा जनजातीय मोर्चा के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष त्रिलोक कप्र ने कहा है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और जनमंच की लोकप्रियता से प्रदेश कांग्रेस लोकसभा चुनाव से पहले ही मुर्छित हो गई है त्रिलोक कपूर ने आज ज्वालाजी में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि शिमला में प्रदेश कांग्रेस में पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच हुई मारपीट से कांग्रेस संस्कृति का असली चेहरा बेनकाब हुआ है उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस संस्कृति की प्रदेश में ये पहली घटना नहीं है

वीरेंद्र कश्यप सांसद वीरेन्द्र कश्यप ने आयुष्मान भारत योजना के सभी लाभार्थियों से आग्रह किया है कि गोल्डन कार्ड अवश्य बनाए ताकि समय पर उन्हें इस योजना के तहत सभी स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त हो सके वीरेन्द्र कश्यप आज सोलन जिला के अर्की के भूमती में दो दिवसीय स्वास्थ्य मेले के शुभारंभ मौके पर जनसभा को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार ने अनेक ऐसी जन कल्याणकारी योजनाएं आरंभ की है जिनका लक्षित वर्गों तक प्रत्यक्ष लाभ पहुंचा है मौसम मौसम ने प्रदेश में एक बार फिर करवट बदली है

जिले के रोहतांग और कुंजुम पास चंबा जिले के पांगी तथा भरमौर और कांगड़ा जिला की धौलाधार पर्वत श्रृंखलाओं पर भी हिमपात हुआ है इस बीच आज दिनभर प्रदेश के अधिकांश भागों में बादल छाए रहे